केन्द्र सरकार ने उन गैर सरकारी संगठनों एनजीओ को पंजीकरण के लिये आवेदन करने के वास्ते राहत दी है जिन्होंने सालाना रिटर्न नहीं दायर किया था और इस वजह से उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया था सरकार ने ऐसे संगठनों को एक बार के लिये छूट दी है उच्च न्यायालय ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर स्वास्थ्य केंद्र संचालित करने की योजना को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को एक सप्ताह में जिलेवार जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए हैं यह कमेटी पीपीपी मोड पर संचालित स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देगी इस रिपोर्ट के आधार पर ऐसे स्वास्थ्य केंद्रो के संचालन के संबंध में आवश्यक निर्णय किया जाएगा उच्च न्यायालय ने भीलवाड़ा जिले के कोठारी नदी क्षेत्र में भाटेवर के पास बजरी के अवैध खनन और वाहनों की मॉनीटरिंग के लिए राज्य सरकार को सीसीटीवी निगरानी से लैस चैकपोस्ट स्थापित करने के निर्देश दिए हैं मुख्य न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट और न्यायाधीश विनितक्मार माथ्र की खंडपीठ में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित के साथ पेश भीलवाड़ा जिला कलक्टर राजेन्द्र भट्ट ने कोर्ट को अवैध खनन रोकथाम के प्रयासों की जानकारी दी प्रदेश में बेहतर सड़क तंत्र तैयार करने के लिए नई टेक्नोलॉजी काम में ली जाए उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कल जयपुर में रोड सैक्टर पॉलिसी संबंधित एक बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही

प्रदेश में राशन के नियमित वितरण मे किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

उन्होंने उचित मूल्य दुकानदारो द्वारा समय पर दुकाने नहीं खोलने और उपमोक्ताओं को राशन सामग्री नहीं देने की लगातार मिल रही शिकायतो पर जिला रसद अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए

इस गबन की जांच करने के लिए शिक्षा निदेशालय बीकानेर का एक उच्च स्तरीय दल कल श्रीगंगानगर पहुंचा और रिकॉर्ड अपने कब्जे में लिया गबन करने का आरोपित शारीरिक शिक्षक परिवार सहित फरार हो गया है

उदयपुर में हरियाली अमावस्या के उपलक्ष में सहेलियों की बाडी में मेला भर रहा है आज मेले का दूसरा दिन है मेले में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से काफी संख्या में लोग पहुंच रहे है

प्रदेशमर में सिंजारा पर्व आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है कल तीज पर्व मनाया जायेगा इस मौके पर राजधानी जयपुर में कल और परसों त्रिपोलिया गेट से परम्परागत तीज माता की सवारी निकाली जायेगी

सूचना और जनसम्पर्क विभाग की ओर से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय मानटाउन के हॉल में लगाई गई इस प्रदर्शनी के माध्यम से गांधीजी के जीवन परिचय के साथ ही उनके प्रेरणादायी कार्यों और विचारों का प्रभावी दिग्दर्शन किया गया है

झ ं झन् जिले में उपमोक्ताओं की समस्याओं के निराकरण के लिए बिजली निगम ने टोल फ्री नंबर सहित सोशल मीडिया को सुनवाई का माध्यम बनाया है इसके तहत उपमोक्ताओं को चाहे बिजली कटौती से संबंधित समस्या हो या ट्रांसफार्मर जलने या फिर लाइनों के फाल्ट होने की समस्या हो इसकी शिकायत कर सकता है उपमोक्ता अगर टोल फ्री नंबर ईमेल फेसबुक आईडी एसएमएस या ट्विटर हैंडल पर शिकायत करता है और कर्मचारी सुनवाई नहीं करता है तो तुरंत प्रभाव से कार्रवाई होगी

मौसम विभाग के अनुसार अजमेर बांसवाड़ा बारा बूंदी मीलवाड़ा वित्तौडगढ घौलपुर डूंगरपुर झालावाड कोटा प्रतापगढ राजसमंद सवाईमाघोपुर सिरोही टोंक और उदयपुर में भारी बारिश होने का अनुमान है